मौसम विभाग ने सागर ग्वालियर और चंबल संभाग में गरज चमक के साथ तेज हवायें चलने की संभावना जताई मोदी सभा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार व्यापारियों की समस्याओं को दूर करने के लिए एक राष्ट्रीय व्यापार आयोग का गठन करेगी

रतलाम में आज एक सभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार जल संकट हल करने के लिए जल शक्ति मंत्रालय बनाएगी उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने सवाल किया है कि क्या कांग्रेस सरकार कृषि ऋणमाफी और बिजली के बिल माफ करने के अपने चुनावी वादे पूरे करने में सक्षम है श्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने सर्जिकल स्ट्राइक और हवाई हमले दोनों पर सवाल उठाए उन्होंने कल हुए मतदान के दौरान अपने मताधिकार का प्रयोग न करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की भी आलोचना की प्रियंका दौरा कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड़ा ने आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार ने किसानों और आदिवासियों की समस्याओं का निराकरण नहीं किया जबकि कांग्रेस सरकार वनाधिकार कानून लाई थी जिससे बड़ी संख्या में आदिवासियों को उनका हक मिला उन्होंने आज रतलाम में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केन्द्र सरकार की गलत नीतियों के चलते गरीब किसान और नौजवान परेशान हैं प्रियंका गांधी ने कहा कि मौजूदा केन्द्र सरकार ने भू अधिग्रहण कानून का कियान्वयन रोक दिया है जिसमें प्रावधान था कि आदिवासियों की सहमति से ही उनकी जमीन ली जा सकती है

उन्होंने यूपीए सरकार द्वारा लागू की गई मनरेगा के सही कियान्वयन न किये जाने और नोटबंदी को लेकर भी केन्द्र सरकार की आलोचना की इससे पहले उन्होंने उज्जैन पहुंचकर महाकाल का अभिषेक किया वे अब इंदौर में रोड शो कर रही हैं लगभग चार किलोमीटर लंबे रोडशो में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और मुख्यमंत्री कमलनाथ भी शामिल हैं

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी भी मालवा निमाड़ की इन सीटों पर चुनाव प्रचार में जुटे हैं

एक अधिवक्ता ने रमजान के मद्देनजर ये याचिका दायर कर शीर्ष अदालत से मतदान का समय सुबह पांच बजे से करने का अनुरोध किया था पहले यह याचिका मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के समक्ष पेश की गई थी उन्होंने इसे चुनाव आयोग को भेजते हुए यह निर्देश दिये थे कि आयोग इस पर उचित निर्णय ले लेकिन आयोग ने सुरक्षा बंदोबस्त का हवाला देते हुए मतदान के समय में बदलाव से इंकार कर दिया याचिकाकर्ता ने दोबारा इस मामले में याचिका दायर की जिसकी सुनवाई करते हुए न्यायाधीश इंदिरा बैनर्जी और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने यह कहकर याचिका निरस्त कर दी कि ये मामला चुनाव आयोग पर निर्भर करता है

दो दिन की इस बैठक में व्यापार प्रणाली के समक्ष मौजूद जटिल चुनौतियों पर विचार विमर्श किया जा रहा है इस बैठक में चीन दक्षिण अफ्रीका सऊदी अरब तुर्की कजाकिस्तान और बंगलादेश के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं बैठक के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए वाणिज्य सचिव डाक्टर अनूप वाधवान ने व्यापारिक नियमों और जटिलताओं का उल्लेख करते हुए कहा कि विश्व व्यापार के लिए नियमों को और लचीला बनाने की जरूरत है इस बैठक के जरिए विकासशील और अल्पविकसित देशों को एक मंच पर लाने का प्रयास किया गया है ताकि वे एक दूसरे की चिन्ताओं का समाधान कर सकें न्यायाधीश न्यायमूर्ति अकील क्रैशी मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के नये मुख्य न्यायाधीश होंगे उच्चतम न्यायालय के कॉलिजियम ने उनके नाम की सिफारिश की है प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश एसके सेठ का स्थान लेंगे न्यायमूर्ति क्रैशी गुजरात उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं उनका पिछले साल नवंबर में बाम्बे उच्च न्यायालय में तबादला किया गया था कॉलिजियम ने दो अधिवक्ता विशाल धगट और विशाल मिश्रा को मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश भी की है विशेष कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार एकांश के लोकसभा चुनाव पर केन्द्रित विशेष कार्यक्रम आपका वोट आपकी सरकार में कल रात आठ बजे से आकाशवाणी के सभी केन्द्रों से सुनिए देवास उज्जैन इन्दौर और धार लोकसभा सीटों का हाल यहां के अहम मुददों पर लोगों की राय और सियासी समीकरणों का लेखा जोखा दुर्घटना मौत प्रदेश में तीन अलग अलग दुर्घटनाओं में आज चौदह लोगों की मौत हो गई दमोह में आज सुबह हुए एक सड़क हादसे में तीन महिलाओं समेत पांच लोगों की मौत हो गई जबकि आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गये घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है बताया गया है कि गैसाबाद से कुछ महिलायें जीप से एक विवाह समारोह से लौट रही थीं तभी हटा पन्ना मार्ग पर जीप के आटो से टंकरा जाने के कारण यह हादसा हुआ वहीं बैतूल में हुए एक सड़क हादसे में छह लोगों की जान चली गई बताया गया है कि जिला मुख्यालय से करीब बाइस किलोमीटर दूर बैतूल नागपुर मार्ग पर दोपहर करीब दो बजे एक ट्रक और जीप की टक्कर से ये भीषण हादसा हुआ जीप में सवार यात्री बच्चों के साथ विषय चयन के लिए नवोदय विद्यालय जा रहे थे इनमें से दो बच्चों और उनके पिता की मौके पर ही मौत हो गई उधर खरगौन स्थित कुन्दा नदी में बैराज में नहाने गये तीन युवकों की डूबने से मौत हो गई बताया गया है कि खरगौन स्थित इंदिरा नगर में एक विवाह समारोह में शामिल हुए सात युवक बैराज में नहाने गये थे इस दौरान चार युवक गहरे पानी में डूब गये इनमें से तीन की मौत हो गई ै जबकि एक को बचा लिया गया मृतकों में दो युवक इंदौर के हैं

यह परिणाम मुख्य सचिव एस आर मोहन्ती सुबह ग्यारह बजे भोपाल स्थित मॉडल स्कूल टी टी नगर में घोषित करेंगे मण्डल सचिव अजय गंगवार ने बताया कि इस वर्ष साढ़े अठारह लाख से अधिक विद्यार्थी इन परीक्षाओं में शामिल हुए थे दोनो परीक्षाओं का परिणाम एक साथ घोषित किया जायेगा

मौसम प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की बारिश और धूल भरी आंधी चलने से तापमान में गिरावट आई है पिछले चौबीस घण्टों के दौरान सागर ग्वालियर उज्जैन इंदौर होशंगाबाद और भोपाल संभाग के कई जिलों में हल्की बारिश हुई